राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देहरादून के परेड ग्राउण्ड में झंडा रोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली

मुख्य समारोह राजधानी देहरादून के परेड ग्राउण्ड में आयोजित किया गया जहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियो का भी प्रदर्शन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये इस दौरान बेबी रानी मौर्य ने समस्त प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए एक क्शल और गरिमामयी भारत की कल्पना की इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित भी किया

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में झंडा फहराकर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों और बलिदान को याद किया मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय परिसर में ध्वजारोहण कर उपस्थित अधिकारियों और कार्मिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी मुख्य सचिव ने संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में संविधान के निर्माताओं ने गौरवशाली संविधान का निर्माण किया कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया

इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान कर सभी को सम्मानित किया

बागेश्वर पुलिस लाइन में राज्य मंत्री रेखा आर्या ने ध्वाजारोहण कर परेड की सलामी ली जिलाधिकारी रंजना राजग्रु ने जिला मुख्यालय पर झंडा फहराया नुमाइश खेत मैदान में आयोजित समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किये गये इससे पूर्व सुबह स्कूली बच्चों समेत नगर के गणमान्य लोगों और अधिकारियों ने प्रभात फेरी निकाली अल्मोड़ा में भी इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने ध्वजारोहण किया और लोगों को संविधान की प्रतिबद्वता की शपथ दिलाई कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किये गए और विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक झांकी निकली गयी पिथौरागढ में पुलिस लाईन में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और स्थानीय विधायक चद्रा पंत ने झंडा रोहण किया टिहरी जिले में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों और नारों के साथ प्रभात फेरी निकाली गयी जिला मुख्यालय स्थित राजकीय प्रताप इण्टर कालेज में जिलाधिकारी डॉ वीषणमुगम ने ध्वजारोहण कर देश की एकता और अखण्डता की शपथ दिलाकर कार्यक्रम का श्भारम्भ किया हरिद्वार में घने कोहरे के बीच ध्वजा रोहण कर देश के वीर सपूतों को याद किया गया स्कूली बच्चो ने रैली निकाल कर देश हित के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले देश के वीर सपूतों को याद किया रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन में जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी द्वारा ध्वजा रोहण किया गया चमोली जिले में गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय एकता अखण्डता धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द की भावना के साथ बडे ध्रमधाम के साथ मानाया गया स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं ने गोपनाथ मंदिर प्रांगण से मुख्य बाजार होते हए अपने अपने शिक्षण संस्थानों तक देशभक्ति गीतों की मध्र ध्न पर मनमोहक प्रभात फेरी निकाली क्लेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने ध्वजारोहण कर कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता अखण्डता एवं देश के संविधान पर आत्मर्पित करने की शपथ दिलाई

इसमें देश के इतिहास सांस्कृतिक विविधता और सामरिक शक्ति की भव्य झांकी दिखाई दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर मैसियास बोलसोनारो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की

पदमभूषण गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म अवार्ड से सम्मानित करने के लिए उत्तराखण्ड से सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हेस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के नाम की भी घोषणा की है पर्यावरणविद और समाजसेवी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने पदमभूषण मिलने पर खुशी जाहिर की उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान गांव के बीच से ही निकाला जा सकता है पारिस्थितिकी और पर्यावरण को बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बताते हुए उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि इस बार के पुरस्कारों में पर्यावरण को महत्व दिया गया है

इसके अलावा प्रदेश में समाज सेवा के क्षेत्र में कल्याण सिंह रावत और चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर योगी एरन को पदमश्री दिए जाने की घोषणा की गई है मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किये अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे से सटे सुनियाकोट गांव में जनभागीदारी की चर्चा की